पारा शिक्षक अब साठ वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे

राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार पांच सौ सतासी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं

स्कूल राज्य में नौंवी से बारहंवी कक्षा तक के विधार्थियों के लिए इक्कीस सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू की गई हर दिन पचास फीसदी शिक्षक स्कूल आएंगे और विधार्थियों को विषयवार सलाह देंगे इसके लिए छात्रों को अभिभावकों से सहमति पत्र लाना अनिवार्य होगा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है इस संबध में तैयार किया गया प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा

परीक्षा तैयारी सर्वोच्च न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी े द्वारा जारी निर्देश के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर की विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है इस कम में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में परीक्षा के आयोजन को लेकर कलपति डॉ मुकल नारायण देव ने अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक की

कुलपति डॉ मुकुल नारायण देव ने बताया कि सरकार इस मामले में एसओपी शीघ्र जारी करेगी वहीं इस मामले को लेकर कुलाधिपति सह राज्यपाल के प्रधान सचिव ने भी बैठक की है उन्होंने यह भी बताया कि संभवतः इस माह विश्वविद्यालय में परीक्षा ली जा सकती है

इस संबंध में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कल पारा शिक्षकों की सेवा नियमावली को मंजूरी दी इसके तहत पारा शिक्षकों को पांच हजार दो सौ से बीस हजार रूपये वेतनमान दिया जाएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों को नया वेतनमान पाने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले तेरह हजार पारा शिक्षक हैं अन्य शिक्षकों के लिए परीक्षा के स्वरूप पर विधि विभाग से राय ली जाएगी विधानसभा सत्र राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अठारह सितंबर से विधानसभा का तीन दिवसीय मानसुन सत्र शुरू करने की मंजूरी दी है इस संबध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है अठारह सिंतबर को प्रत्यापित अध्यादेशों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी जाएगी इसके साथ ही वित वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा झारखंड कोरोना झारखण्ड में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार पांच सौ सतासी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं

राज्यभर में कल छह कोरोना संक्रमितों की मौत हो गयी इसी के साथ राज्य में कोरोना से मरनेवालों की कुल संख्या बढ़कर चार सौ चौवालीस हो गयी है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

एक माह से अधिक समय से हड़ताल पर चल रहे मनरेगा कर्मचारी संघ और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के साथ कल प्रोजेक्ट भवन में बैठक हो रही थी मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि बैठक में पांच प्रमुख मांगों पर चर्चा हई जिसमें स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा मृत्यू के बाद मुआवजा राशि बर्खास्त कर्मियों की वापसी और समान काम समान वेतन शामिल है मंत्री ने बताया कि तीन मांगों सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य बीमा और मृत्यु के बाद मुआवजा राशि देने पर सहमति बनी लेकिन संघ ने लिखित आश्वासन मांगा लिखित आश्वासन नहीं दिये जाने पर वार्ता विफल हो गयी इधर मनरेगा कर्मचारी संघ के सचिव जॉन पीटर बागे ने कहा कि राज्य सरकार जबतक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं करेगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी

यह व्यवस्था कल से पूरे राज्य में लागू की जाएगी इसके साथ ही स्टाम्प की खरीद में स्टाम्प वेंडर की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी इस संबध में जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार ने बताया है कि नई व्यवस्था लागू होने पर लोग घर बैठे स्टाम्प खरीद सकेंगे फास्टैग केन्द्र सरकार ने पुराने निजी और व्यवसायिक चार पहिया वाहनों के लिए जनवरी दो हजार इककीस से फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है नए वर्ष में पुराने वाहनों का फास्टैग के बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा थर्ड पार्टी बीमा कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य किया जाएगा इसके बगैर कार ट्रक और बस का बीमा नहीं होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबध में सुझाव और आपति ड्राफ्ट नाटिफिकेशन जारी किया है सड़क निर्माण सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य पार कर लिया है

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस वर्ष अगस्त तक राजमार्गो पर तीन हजार तीन सौ किलोमीटर लम्बाई का काम स्वीकृत किया गया था जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दोगुने से अधिक है

इस बार झारखंड से दो शिक्षकों का चयन किया गया है इनमें स्मिथ कुमार सोनी हैं सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड के सरकारी मिडिल स्कूल में कार्यवाहक हेड टीचर के रूप में कार्यरत हैं उन्होंने स्कूल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और अपने स्कूल में लड़कियों के उच्च नामांकन के लिए सामुदायिक सहयोग में उल्लेखनीय काम किया है वहीं बोकारों जिले के राम रूद्र प्लस दू हाई स्कूल चास की शिक्षिका निरुपमा कुमारी को भी पुरस्कृत किया जायेगा निरुपमा कुमारी हिंदी की अध्यापिका हैं और बहत प्रभावी और समग्र तरीके से हिंदी भाषा सिखाती हैं

इस क्रम में बहुत सी गतिविधियां शुरू हो गई हैं लॉकडाउन के दौरान इन कार्यक्रमों की गति धीमी रही और कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से सम्पन्न किया गया गोवा के लोक कलाकारों के समूह ने झारखंड में आकर गोवा के जागर धालो और अन्य नृत्य पेश किये हैं इस बीच मार्च में कोविड के तहत लॉकडाउन शुरू होने पर इन कार्यक्रमों में थोडी सी रूकावट आई इस कारण वर्चचुअल स्तर पर हाल ही में अन्य कार्यक्रम शुरू हुए हैं हाल में आयोजित एक वेबिनार में गोवा और झारखंड के लेखक शामिल हुए और दोनों राज्यों में हो रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की गोवा के लेखक विवेक मेनेजिस ने कहा कि झारखंड के कई मजदूर गोवा में हैं और उन्होंने अर्थव्यवस्था सशक्त रखने में योगदान दिया ऐसे ही कार्यक्रम और वेबिनार भविष्य में आयोजित किए जाएंगे

कल रात छापेमारी कर गोड्डा के महागामा और हनवाड़ा थाना क्षेत्र के बिहार बॉर्डर के पास सैकड़ों लीटर महुआ शराब बरामद कर नष्ट कर दी शराब बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कई क्विंटल जावा महुआ को भी नष्ट किया गढ़वा के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के पतिहारी पंचायत के सारो गांव स्थित एकडरवा टोला में महिला और उनकी दो बेटियों का शव तालाब से बरामद हुआ

अब कार्यालय आनेवाले सभी लोग इसका लाभ ले सकेंगे

राज्य में वाहनों की जांच को लेकर डीएल में राहत बाकी कागजात रखें अपडेट शीर्षक से प्रभात खबर ने इसे प्रमुखता से जगह दी है जबकि दैनिक भास्कर ने राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर संक्रमण कम मृत्यु दर आधी खबर को लीड बनाया है टाना भगत ट्रैक पर डटे नौ घंटे फंसी राजधानी एक्सप्रेस खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने चीन की चालबाजी से बिगड़े हालात खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है